आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इन खबरों का खंडन किया है कि आधार पंजीयन सॉफ्टवेयर को हैक किया जा रहा है प्राधिकरण ने इन खबरों को पूरी तरह से गलत और गैर जिम्मेदाराना बताया है एक बयान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा कि कुछ स्वार्थी तत्व जानबूझ कर लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो अनुचित है प्राधिकरण ने यह भी कहा कि आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ कर अनेक आधार कार्ड बनाए जा सकने का दावा भी पूरी तरह निराधार है

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के राजगढ़ और श्योपुर जिले में शत प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य भी कर लिया गया है योजना में शेष बचे घरों को आगामी अक्टूबर तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है मध्यप्रदेश में केन्द्र और राज्य सरकार की प्रभावी पहल पर ऐसे सभी घरों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जो वर्षों से रोशनी से वंचित थे

इसके लिए डिप्टी कलेक्टर अनुभा जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है सुश्री जैन ने हमारे संवाददाता को बताया है कि पर्यटन पर्व के दौरान हर दिन अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी